प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जयपुर में हुई जनसभा में राष्ट्रवाद और आतंकवाद का मुददा जोरदार तरीके से उठाया

चीन ने मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट करने के प्रस्ताव पर अपना विरोध वापस ले लिया है संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण परिणाम है क्योंकि हम इसके लिए कई सालों से प्रयास कर रहे थे

उन्होंने इस कार्य में सहयोग करने वाले सभी देशों का आभार जताया उधर भारत की इस बड़ी कूटनीतिक सफलता पर रक्षा विशेषज्ञ उदय भास्कर ने कहा कि ये भारत के लिए एक अहम कूटनीतिक विजय है

मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के संयुक्त राष्ट्र के फैसले का कई देशों ने स्वागत किया है

ऐसे में सभी राजनैतिक दलों सहित निदर्लीय प्रत्याशी चुनाव प्रचार में पूरी जोर आजमाइश कर रहे है प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी ने कल जयपुर के मानसरोवर में देर शाम जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्र सुरक्षा और आतंकवाद का मुददा फिर जोरदार तरीके से उठाया उन्होंने सख्त अंदाज में कहा कि जिससे खतरा होगा उसे घुसकर मारेंगे जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आंतकी घोषित किये जाने पर श्री मोदी ने कहा कि ये बडी कूटनीतिक विजय है प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नये भारत की ताकत है आतंकवाद को जड से उखाड फैंकेंगे श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान में अब लोग आतंकवाद के मामले में सरकार पर दबाव बनायेंगे श्री मोदी ने कांग्रेस सरकारों पर दूसरा परमाणु बम परीक्षण करने सेना को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले किये तथा अंतरिक्ष में भी सर्जिकल स्ट्राइक करके विश्व में चौथा देश बनने का दर्जा हासिल किया मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अषोक गहलोत ने कल जयपूर जिले के चाकसू तथा अलवर जिले के गोविन्दगढ में जनसभाए कीं गोविंदगढ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उन्होंने कम समय में समाज के सभी वर्गो को लाभ पहुंचाने का काम किया है

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने बीकानेर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले पांच साल में एनडीए की सरकार के कारण देश में निराशा फैली है उन्होंने भाजपा पर देश की जनता का विश्वास तोडने का आरोप लगाया बीकानेर में ही एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए असम के प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रमोद स्वामी ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव देश की दशा और दिशा को परिवर्तित कर देगा उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल देश की आवश्यकताओं के थे लेकिन आने वाले पांच साल देश की आकांक्षाओं के होंगे

भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कल झुंझुनू के गुढागोडजी में चुनावी सभा की उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने गरीब स्ववर्णो को दस फीसदी आरक्षण दिया लेकिन राज्य की कोंग्रेस सरकार आरक्षण का फायदा यूवाओं को नहीं दे रही है उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित की गई न्याय योजना पर भी कई सवाल उठाये उधर जयपूर ग्रामीण भाजपा प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड ने कोटपूतली विराटनगर और कई अन्य स्थानों पर जनसंपर्क किया

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज जयपुर के चौमू में और कल भरतपुर के नुमाइश मैदान में सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अलवर जिले के बानसूर और जयपूर जिले के साभर में चुनावी सभा करेंगे इधर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल प्रदेश में तीन स्थानों हिण्डौन सीकर और बीकानेर में चुनाव प्रचार करेंगे प्रदेश की जयपुर ग्रामीण संसदीय सीट पर चुनाव रोचक बना हुआ है

अपूर्वी ने फरवरी में आईएसएसए विश्व कप में विश्व रिकार्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता था अपूर्वी ने शोर्ष रैकिंग हासिल करने के बाद ट्विटर पर एक पोस्ट में अपनी खुशी जाहिर की भारत की ही अंजुम मोडगिल ने विश्व रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है

हालांकि कल तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई लेकिन लोगो को गर्मी से कोई राहत नहीं मिली